राज्य भर में हर्षोल्लास और सादगी के साथ मनाया जा रहा है प्रकृति पर्व करमा

इस अवधि में अभी सिनेमा हॉल जिम बार स्विमिंग पूल अभी बंद रहेंगे इस संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने आदेश जारी कर दिया है इस आदेश के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षा के अम्यर्थियों को कई प्रकार की छूट दी गयी है उन्हें लॉकडाउन के विभिन्न प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है दूसरे राज्यों से झारखंड आने वाले परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड को ही इंट्री पास माना जायेगा साथ ही वैंसे परीक्षार्थियों को क्वारेंटाइन से भी मुक्त रखा गया है हालांकी इस दौरान सभी को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य होगा झारखंड में पिछले चौबीस घंटे के दौरान एक हजार एक सौ सैंतीस कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं राज्य में कुल संक्रमण का मामला पैंतीस हजार आठ सौ तेरह हो गया है कल सबसे अधिक पूर्वी सिंहभूम जिले में तीन सौ तेरह बोकारो में एक सौ सैतालीस रांची में चौरानबे रामगढ़ में उनयासी धनबाद में तिरासी गिरिडीह में बासठ खूंटी में पचास हजारीबाग में छत्तीस कोडरमा में तैतालीस और सिमडेगा में तैतीस मामले आए इधर कल छह सौ उनचालीस मरीजों के स्वस्थ होने के बाद इन्हें अस्पताल से छट्टी दे दी गई राज्य में अब तक चौबीस हजार एक सौ अड़तीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं राज्य में स्वस्थ होने की दर लगभग अड़सठ फीसदी हो गयी है कल ग्यारह संक्रमित मरीजों की मौत भी हो गयी सबसे अधिक पूर्वी सिंहमूम में सात लोगों की मौत हुई अबतक राज्य में कुल तीन सौ नवासी कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है जामताड़ा जिले में कोरोना महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने को लेकर जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग सभी आवश्यक कदम उठा रहा है

न्यायालय ने कहा है कि बिना परीक्षा पास किये परीक्षार्थियों को डिग्री नहीं दी जा सकती राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अंतिम वर्ष की परीक्षा स्थगित कर सकते हैं लेकिन नई तिथियों के बारे में फैसला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ विचार विमर्श से ही करना होगा राज्यों को आयोग के दिशा निर्देशों के ॅअनुसार ही ये परीक्षाएं करानी होंगी और इसमें किसी भी प्रकार की छूट के लिए अनुमति लेनी होगी

इस फैसले में न्यायालय ने केन्द्र सरकार को नीट और जेईई की परीक्षा सितंबर में कराने की अनुमति दी थी

जिन मंत्रियों ने कल यह याचिका दायर की वे हैं झारखंड के डॉ रामेश्वर उरांव पश्चिम बंगाल के मोलोय घटक राजस्थान के डॉ रघ् शर्मा छत्तीसगढ़ के अमरजीत भगत पंजाब के बलबीर सिंह सिद्धू और महाराष्ट्र के उदय रवीन्द्र सामत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

इनमें झारखड के तीरंदाजी कोच धर्मेंद्र तिवारी को लाइफटाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया

प्रकृति पर्व करमा आज राज्यभर में पूरे हर्षोल्लास और सादगी के साथ मनाया जा रहा है

राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को करमा की शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि प्रकृति पर्यावरण असंतुलन के कारण मानवता पर संकट आया है ऐसे समय में प्रकृति पर्व की महत्ता बढ़ जाती है धनबाद जिले में पुलिस ने मुहर्रम को लेकर आज शांति और सौहार्द्र के लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला फ्लैग मार्च में प्रभारी एसएसपी आर रामकुमार और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर मुकेश कुमार भी शामिल हुए इस दौरान टाइगर जवानों को मुहर्रम को लेकर अपने अपने क्षेत्रों को विशेष चौकसी बरतने को कहा गया

उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जुलूस निकालने पर प्रतिबंध जारी किए गए हैं किसी को भी कोरोना के दौरान मोहरम के अवसर पर सभा जुलूस अखाड़ा और ताजिया निकालने की इजाजत नहीं होगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की पहल से एक बड़ा बदलाव आया है और यह गरीबी उन्मूलन के लिए एक आधार है योजना से करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचा है जनधन योजना के छह साल प्रा होने के मौके पर कल श्री मोदी ने कहा कि उन लोगों के लिए यह योजना शुरू की गई थी जिनके बैंक में खाते नहीं थे प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे लाभान्वित होने वालों में अधिकतर संख्या ग्रामीणों और महिलाओं की है श्री मोदी ने इस योजना को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास करने वालों की भी सराहना की

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश के छोटे शहरों अर्थात टियर टू स्तर के शहरों में स्टार्टअप्स और सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए चुनौती नेक्स्ट जेनेरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता की शुरुआत की है

मंत्रालय ने कहा कि चुनौती प्रतियोगिता से चयनित स्टार्टअप्स को सरकार हर तरह की सहायता देगी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने नयी खोज करने वाले युवा और प्रतिभाशाली नौजवानों से चुनौती प्रतियोगिता में भाग लेकर नये उत्पादों तथा एप्प का विकास करने और सरकारी सुविधाओं का फायदा उठाने का आग्रह किया खूंटी जिला प्रशासन ने सपनों की उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत की है

उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि इसका उद्देश्य जिले के छात्रों को सुदृढ़ शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित कराना है

बिना फास्टटैग वाले वाहनों को दोनों ओर का पूरा टोल टैक्स देना होगा